शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे न्यायालय ने ई कॉमर्स कपनियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रदृषण वाले पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी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 न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केवल निर्घारित सीमा तक आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री की जा सकेगी न्यायालय ने केन्द्र से दिल्ली एन सी आर क्षेत्र में दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान एक साथ मिलकर पटाखे छोड़ने को बढ़ावा देने को भी कहा उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देशभर में वायू प्रदृषण कम करने के लिए पटाखों के उत्पादन और उनकी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका पर दिया शीर्ष न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम जैसी चयन व्यवस्था कराने संबंधी याचिका पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कॉल की पीठ ने व्यवस्था दी कि मुख्य निर्वाचन आयक्त और निर्वाचन आयक्तों के मुद्दे पर वृहद पीठ के समक्ष सुनवाई होनी चाहिए पीठ निर्वाचन आयक्तों की नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया अपनान्ने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी केन्द्र सरकार की ओर से अटोर्नी जनरल के के वेण्गोपाल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के दुरूपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने नागरिकों से अपील की है कि मतदाता जागरूकता अभियान में महिलाओं को मतदाता बनाये जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है मेरठ जिले में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुये उन्होंने कहा कि विवाह के बाद महिलायें अपना नाम सस्राल क्षेत्र के मतदाता सूची में नही जुड़वा रही और बेटियों के माता पिता उनका नाम इसलिये मतदाता सूची में नही जुड़वा रहे कि विवाह के बाद वह ससुराल चली जायेंगी ऐसे में बड़ी संख्या में महिलायें मतदाता बनने से वंचित रह जा रही हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मेरठ मण्डल की मतदाता सूची में महिलाओं का प्रतिशत कम होने पर चिन्ता जताई और कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिये यह ठीक नही है राज्यपाल राम नाईक ने आज राजभवन से बाघा सीमा तक साइकिल यात्रा पर निकले महाराष्ट्र के तीस युवकों के दल को झंडी दिखाकर रवाना किया इस अक्सर पर राज्यपाल ने कहा कि लखनऊ से बाघा सीमा तक साइकिल यात्रा करना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच हुये सांस्कृतिक आदान प्रदान के समझौते को आगे बढ़ाने का नया अध्याय है महाराष्ट्र के बसई बिरार का यह साइकिल दल उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड हरियाणा और पंजाब के रास्ते बाघा सीमा तक बारह सौ किलोमीटर का सफर तय करेगा साइकिल यात्रा का उद्देश्य ईधन बचाना प्रदूषण एवं पर्यावरण सुधार स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और वेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना है साइकिल यात्रा दल में सोलह से अठहत्तर वर्ष तक की आयु के सदस्य शामिल हैं आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में पिछले चार वर्ष में अस्सी प्रतिशत से भी अधिक की बढोतरी हुई है एक करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या में चार साल में साठ प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की गयी है प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया है कि पिछले तीन साल में प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है इस दौरान व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा चुकाये गये औसत कर में छब्बीस प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गयी है इस अवधि में वेतनमोगी करदाताओं की औसत आय में उन्नीस प्रतिशत की वृद्वि हुई है प्रदेश के राजधानी लखनऊ में छब्बीस अक्टूबर से शुरू हो रहे तीन दिवसीय कृषि कुम्म मेले में किसानों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा प्रदेश के कृषि उत्पादन आयक्त डॉक्टर प्रभात क्मार ने आज लखनऊ में बताया कि यह कृषि कुम्म गन्ना शोध संस्थान में आयोजित किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस कुम्म में एक लाख से अधिक किसान और देश विदेश से आये कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर क्मार ने बताया कि इस आयोजन में किसानों से सम्बन्धित विषयों पर चौदह सत्र आयोजित किये जायेंगे साथ ही कृषि पश्पालन रेशम उद्यान गन्ना मत्स्य विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी उन्होंने बताया कि कृषि कुम्म में मण्डी परिषद द्वारा ई मार्केटिंग सुक्धि का प्रदर्शन किया जायेगा जिससे किसानों को अपनी आय में वृद्धि सम्बन्धित जानकारी मिल सकेगी जौनपुर जिले के नेवढिया थाना क्षेत्र में आज इण्डिया मार्क ट् हैण्डपम्प बनाते समय ऊपर से जा रहे हाई टेंशन तार के चपेट में आ जाने से तीन लोगों की मृत्यु हो गयी दुर्घटना तब हुयी जब हैण्डपम्प के पाइप जमीन से ऊपर निकालने के दौरान हाई टेंशन तार के सम्पर्क में आ गया पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया